अन्तरराष्ट्रीय मातू भाषा दिवस के अवसर पर प्रदेश में राजस्थानी को प्रोत्साहित करने के लिए होंगे अनेक कार्यक्रम विश्व प्रसिद्ध जयपुर साहित्य मेला कल से होगा शुरू पहली बार होगा वर्चुअल रूप से आयोजन अजमेर में ख्वाजा साहब के सालाना उर्स में आज मनाया जाएगा वसंत उत्सव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

राज्य में अब तक लगभग साढ़े सात लाख लाभार्थियों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है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

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रुखंला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिये हमारे श्रोता का संदेश

उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि इस दौरान राजस्थानी में वाद विवाद परिचर्चायें निबन्ध और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी श्री भाटी ने कहा कि राजस्थानी की समुद्ध सांस्कृतिक विरासत और गौरवमयी परम्परा को समाज के हर तबके तक पहुंचाने के प्रयास सरकार की ओर से किये जा रहे हैं केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है

इस योजना का लक्ष्य भारत में दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के विनिर्माण को बढावा देना है प्रदेश में आज से सहायक वन संरक्षक और वन रेन्ज ऑफिसर ग्रेड वन पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है

आध्यात्मिक गुरू स्वामी रामकृष्ण परमहंस की आज जयंती है केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्तार अब्बास नकवी ने उन्हें श्रद्वा सुमन अर्पित किए हैं

पहली बार वर्चुअल रूप से आयोजित हो रहे फेस्टिवल में देश विदेश के साहित्य जगत और अन्य क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी

अजमेर में चल रहे ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स में आज बसंत उत्सव होगा बसंत की रस्म अदा की जाएगी कल जुम्मे की नमाज होगी हमारे संवाददाता ने बताया कि ख्वाजा साहब की मजार पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर चादर पेश होगी

प्रदेश में न्यूनतम तापमान बढ़ने से सर्दी का असर कम होता जा रहा है वहीं अधिकतम तापमान बढ़ने से गर्मी का अहसास होने लगा है